राज्य में स्वाईन फ्लू की जांच और प्रभावी रोकथाम के लिये सघन निरीक्षण अभियान शुरू एनआईए ने जयपुर एयरपोर्ट से आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के सदस्य को हिरासत में लिया

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने स्वाईन पलू से हुई मौतों का मामला उठाया जिस पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघ्र शर्मा ने जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया ने स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पडे पदों से संबंधित मुद्ददा उठाया

तीन दिन चलने वाले इस अभियान के तहत स्वाईन फ्लू की जांच की जायेगी चिकित्सा और स्वाथ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने चिकित्सा विभाग के सभी डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को स्वास्थ्य केन्द्रों पर मौजूद रहने के निर्देश दिये है प्रदेश के सभी सातों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध होगी चिकित्सा मंत्री ने स्वाईन फ्लू रोगियों की जांच रिपोर्ट समय पर मिलना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये है

केन्द्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर कार्यशाला को संबोधित कर रहे है सभी जिलों के चुनाव प्रभारी और संयोजक इसमें हिस्सा ले रहे है जिसमें चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रवासी भारतीयों को देश का असल राजदूत बताया

तीन दिन चलने वाले इस आयोजन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल औपचारिक उदघाटन करेंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द्र कुमार जगन्नाथ समारोह के मुख्य अतिथि होंगे नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका इस वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस का मुख्य विषय है

यह मन की बात कार्यक्रम इस साल की पहली कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों द्वारा इस संदेश को घर घर पहुंचाया जायेगा

इस पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है पूछताछ के लिये इसे दिल्ली ले जाया गया है हसैन नागौर जिले के क्चामन सिटी के गुलजारपुरा गांव का निवासी है आई बी और एनआईए ने इस पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया था

इसका मूल्य ग्यारह लाख रूपये बताया गया है यह डोडा पोस्त मध्यप्रदेश से पंजाब ले जाया जा रहा था

एक आरोपी से करीब सवा दो सौ ग्राम अफीम जब्त की गई पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है

इसके लिये बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे है इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है इसके लिये श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे

पहले शाही स्नान में रिकार्ड सवा दो करोड़ लोगों ने संगम तट में ड्बकी लगाई थी

हमारे संवाददाता ने बताया कि त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान और मंदिरों में विविध धार्मिक कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है

चूरू और नागौर में ठण्डी हवाओं के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

जैसलमेर से हल्की वर्षो के समाचार है जिले में रामगढ़ और मोहनगढ़ के साथ क्छ अन्य स्थानों पर सुबह से ही रूकरूककर वर्षा जारी है

उधर बाड़मेर जिले मे सुबह देर तक कोहरा छाया रहा और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई कोहरे को देखते हए सीमा पर बीएसएफ की ओर से विशेष चौकसी बरती जा रही है मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से दो दिनों में सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ सकता है

हमारे हनुमानगढ़ सवाददाता ने बताया कि पांच राज्यों के लोककलाकार पांच दिनों तक आकर्षक नृत्यों के माध्यम से मतदान का संदेश देंगे